अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश कुछ जगहों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी का सामना करने को लेकर राज्यपालों और उप राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत सबसे तेज दस करोड़ टीकाकरण करने वाला देश है पिछले चार दिनों में टीका उत्सव के सकारात्मक परिणाम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस अवधि में टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया और नए टीकाकरण केंद्र भी स्थापित किए गए पिछले वर्ष कोरोना से लड़ने में नागरिकों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनभागीदारी की इसी भावना को अभी भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक संगठनों राजनीतिक दलों गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त शक्ति का फायदा उठाने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि महामारी के सूक्ष्म नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं का निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करने में राज्यपाल सक्रिय तौर पर कार्य कर सकते हैं उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का सामाजिक नेटवर्क अस्पतालों में एंबुलेंस वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है श्री मोदी ने कोविड संक्रमण बढ़ने पर कहा कि वायरस के खिलाफ लड़ाई के इस चरण में देश को पिछले साल के अनुभव और बेहतर स्वास्थ्य सेवा क्षमता का लाभ मिल रहा है वर्चुअल समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई उन्होंने केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर रेमडेसिविर इंजेक्शन और एंबुलेंस की आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में आपूर्ति करने का आग्रह किया राज्यपाल ने गरीबों के इलाज के लिए विशेष फंड के माध्यम से मदद करने का भी अनुरोध किया उन्होंने प्रदेश में पर्याप्त संख्या में कोरोना टेस्टिंग लैब की व्यवस्था किए जाने का भी आग्रह किया राज्यपाल कोरोना समीक्षा छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इसके रोकथाम के उपायों पर विचार करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई वर्चुअल रूप से हुई इस बैठक में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य से आए लोगों की जांच किया जाना जरूरी है इसके लिए सीमा पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था करने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में क्वारेंटाइन सेंटर बनाए जाने चाहिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव गांव में इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करें राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना होगा जिससे मानव जीवन को बचाया जा सके इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हरसंभव उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम से कम पड़े इसके लिए कोविड टेस्ट और इलाज की दरें राज्य सरकार ने निर्धारित की हैं उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को जल्द से जल्द टेस्ट कराने के लिए जागरूक करने की अपील की बैठक में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने विकासखंड स्तर पर हॉस्टल और सामाजिक भवनों में बेड की व्यवस्था करने के साथ ही अन्य स्थानों पर भी शासकीय और निजी हॉस्टल में बेड की व्यवस्था करने का सुझाव दिया

राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध कर दिया है अब प्रदेश में शासकीय और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत् डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के साथ ही पानी और विद्युत की आपूर्ति तथा मेडिकल उपकरणों के परिवहन और बिक्री में लगे लोगों के साथ ही एंबुलेंस सेवाओं से संबद्ध व्यक्ति अब कार्य करने से इंकार नहीं कर सकेंगे इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं कल प्रदेश में चौदह हजार दो सौ पचास कोरोना संक्रमित नये मरीजों की पहचान की गई वर्तमान में करीब एक लाख दस हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है वहीं कल कोरोना संक्रमण से प्रदेश में तिहत्तर लोगों की मृत्यु भी हुई इस बीच बीजापुर जिला प्रशासन ने भी जिले में कल सोलह अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है यह लॉकडाउन कल शाम छह बजे से शुरू होकर छब्बीस अप्रैल की सुबह छह बजे तक रहेगा इस दौरान बीजापुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी लॉकडाउन में सिर्फ मेडिकल दुकानों और पेट्रोल पम्पों को ही निर्धारित समय में खोलने की अनुमति रहेगी वहीं बस्तर जिले में आज शाम छह बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है जिले में यह लॉकडाउन बाईस अप्रैल तक रहेगा इस बीच दुर्ग जिले में भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष फणेन्द्र पांडेय और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप पंगर की कोरोना संक्रमण से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है ट्रेन यात्री कोविड जांच प्रदेश में अन्य राज्यों से ट्रेन के जरिये आने वाले यात्रियों को तीन दिन पहले कराए गए कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी जांच के बाद पॉजीटिव पाए जाने वाले यात्रियों को आवश्यकतानुसार डेडिकेटेड अस्पताल कोविड केयर सेंटर और होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा वहीं ऐसी यात्री जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है और जिनकी जांच नहीं की जा रही है उन्हें सात दिनों के लिए क्वारेंटाइन किया जाएगा

सरकार ने छह दवा निर्माताओं को हर महीने सात अतिरिक्त केंद्रों पर इसकी दस लाख खुराक उत्पादन करने की अनुमति दी है इस समय देश में रेमडेसिविर के सात निर्माताओं की कुल स्थापित मासिक उत्पादन क्षमता अड़तीस लाख अस्सी हजार खुराक की है इधर छत्तीसगढ़ में आज रेमडेसिविर इंजेक्शन के करीब नौ हजार डोज पहुंचे हैं इन इंजेक्शनों का विभिन्न जिलों और अस्पतालों में वितरण किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री जूडो मुलाकात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की इस दौरान जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री को दी इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश कोरोना संक्रमण के कठिन दौर से गुजर रहा है ऐसी स्थिति में सभी डॉक्टर अपनी सेवाएं जारी रखें उन्होंने डॉक्टरों की कार्य परिस्थितियों को ठीक करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही

दुर्ग जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने पंद्रह दिनों के भीतर ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर सात सौ पच्चीस कर दी है वहीं शासकीय अस्पतालों में छत्तीस वेंटीलेटर की सुविधा वाले बेड भी तैयार किए गए हैं चंद्रलाल चंद्राकर कोविड अस्पताल में पच्चीस बेड का आईसीयू तैयार किया जा रहा है इसमें वेंटीलेटर बेड की सुविधा भी होगी इसके साथ ही अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी पहल की जा रही है अग्रसेन और जैन समाज द्वारा अट्ठारह बिस्तर तथा पंद्रह बिस्तर के ऑक्सीजन सुविधा वाले कोविड केंद्र शुरू किए गए हैं इसके अलावा कोविड अस्पताल के लिए पांच डाक्टरों की नई नियुक्ति भी की गई है वहीं बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला चिकित्सालय में संचालित डेडीकेटेड कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा वाले पचास और बिस्तरों को बढ़ाया जा रहा है उधर राजनांदगांव में कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने पैरामेडिकल स्टॉफ की भर्ती नब्बे दिनों के लिए करने को कहा है नगर में सिंधी समाज ने दिग्विजय स्टेडियम स्थित सांई हॉस्टल में पचास बिस्तर का कोविड केयर सेंटर खोलने की जिम्मेदारी ली है इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर ने शहर में पंजीकृत फल विक्रेताओं को होम डिलीवरी की छूट दे दी है आदेश में कहा गया है कि कोई भी फल व्यवसायी अधिकतम तीन व्यक्तियों के घरों में ही फलों की डिलीवरी कर सकेगा यह डिलीवरी सुबह नौ बजे से दोपहर बारह बजे तक और शाम चार बजे से छह बजे तक की जा सकेगी किसी भी फल विक्रेता को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी

इसके साथ ही कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है इस बीच राज्य शासन ने तय किया है कि कोरोना मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए प्रदेश में चालीस और एम्बुलेंस का संचालन किया जाएगा राज्य के दुर्गम अति दुर्गम और पहुंचविहीन क्षेत्रों में ये अतिरिक्त एम्बुलेंस चलाई जाएंगी स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ ने बताया कि इन एंबुलेंस को दूरस्थ अंचलों के जिला अस्पतालों सिविल अस्पतालों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संबद्व किया गया है कोरोना राहत कोष अपील इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम तथा कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो ने अपने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान किया है वहीं छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष और रायपुर विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने लोगों को प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है उन्होंने लोगों से घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया है

उन्होंने डॉक्टर पांडेय के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी डॉक्टर पाण्डेय के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है उन्होंने कहा कि डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनकी सेवाओं को भुलाया गौरतलब है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्स रायपुर में उपचार के दौरान नहीं जा सकता डॉक्टर पांडेय का कल निधन हो गया था माओवादी गिरफ्तार नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने दो माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है मिली जानकारी के अनुसार ओरछा थाना की पुलिस डीआरजी और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर शंकर पोयाम और मानसिंह वड्डे उर्फ गुड्ड् को गिरफ्तार किया

मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के एक दो स्थानों पर अंधड़ के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है वहीं राजधानी रायपुर में आसमान आंशिक मेघमय रहेगा इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं